राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी मंत्रियों के वेतन और भत्ता नियमावली में सं ोधन के प्रस्ताव को मंजूरी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

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है उन्होंने सम्पूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के शुरूआत के अवसर पर जन समूह को संबोधित कर रहे थे

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची द्वारा खूंटी जिला प्रशासन के सहयोग से देश और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की विवरण सहित चित्र प्रदर्शनी लगायी गयी है

इस समारोह में उपस्थित पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा भी उपस्थित थे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेषक अरिमर्दन सिंह ने कुरीतियों को समाप्त करने की दिषा में सभी से सहयोग की अपील की आजादी को अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रांची मे आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया साइकिल रैली का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया अमृत महोत्सव पर आयोजित साईकिल रैली मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर ऑड्रे हाउस तक गई जिसमें युवाओं का उत्साह बढ़ाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भाग लिया

आजादी को अमृत महोत्सव को लेकर रांची के आड़े हाउस मे आज एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई भारत अमृत महोत्सव पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता मे युवाओं का चित्रकला कौशल देखते ही बन रहा था कोई गांधी जी की दांडी यात्रा पर चित्र बनाई तो किसी ने एक ही पेंटिंग मे पुरे स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी भरी

इसके बाद वापसी करेगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आषय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी

आगरा सड़क हादसे में दिल्ली कानपुर हाईवे पर हुए भीषण सड़क दुर्घटना में जान गवाने वाले चतरा के दो मजदूरों के आश्रितों के मदद में राज्य सरकार ने अर्थिक मदद की घोषणा की है श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मृतकों के आश्रितों को विभाग की ओर से तत्काल एक एक लाख रुपये का आर्थिक सहायता और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा साइकिल और छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने की घोषणा की है पलामू जिले के स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया राजकीय सम्मान के साथ मेदिनीनगर के पहाड़ी स्थित कोयल नदी तट स्थित राजा हरिश्चन्द्र घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया

लातेहार जिले के उपायुक्त ने मंडल डैम निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने का भरोसा दिलाया है

पहले मैच में हरियाणा ने केरल की टीम को शिकस्त दी सिमडेगा में आयोजित ग्यारहवीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के तीसरे दिन मेजबान झारखंड और महाराष्ट्र की टीमों के बीच मुकाबले को लेकर दर्शको का उत्साह चरम पर रहा टिकट के लिए लोगों की लंबी कतार लगी रही दर्शकों को निशुल्क टिकट उपलब्ध कराए जा रहे हैं एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में लोगों की भारी भीड़ रही

लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में हुई खनन टास्क फोर्स की बैठक अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देष दिया गया पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए मां और बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और अब चलते चलते साबरमती आश्रम के गांधी भजन के साथ आपको छोड़ जाते हैं